राष्ट्रीय एकता दिवस पर देशभर में अनेक कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ में अब से कुछ देर बाद रन फॉर यूनिटी को दिखायेंगे हरी झंडी प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित हो रही है एकता दौड़ जेवर अतंराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिये किसानों ने अपनी जमीन देने संबंधी सहमति पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा मुख्यमंत्री ने कहा बेहतर एयर कनेक्टिविटी से प्रदेश का और होगा विकास प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने की किसानों से खेतों में जैविक खाद का प्रयोग बढ़ाने की अपील आज भारत के लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक सौ चौवालिसर्वी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है साल दो हजार चौदह से इकत्तीस अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और देश भर के लोग एकता दौड़ में भाग लेते हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज गुजरात केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार पटेल को श्रद्वा सुमन अर्पित करेंगे इसके बाद केन्द्रीय सुरक्षा बलो और गुजरात पुलिस की एकता दिवस परेड में भाग लेंगे प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि श्री मोदी प्रौद्योगिकी प्रदर्शन स्थल भी जायेंगे और केवड़िया में प्रशासनिक सेवा के परियीक्षाधीन अधिकारियों से बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से हाल के अपने मन की बात कार्यक्रम में लोगों से बड़ी संख्या में एकता दौड़ में भाग लेने का आहवान किया था उन्होंने कहा था कि ये एकता का प्रतीक हैं और दिखाता है कि देश एक दिशा में सामूहिक रूप से एक भारत श्रेष्ठ भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहा है इस कार्यक्रम की घोषणा प्रधानमंत्री ने इकत्तीस अक्टूबर दो हजार पन्द्रह को सरदार पटेल की एक सौ चालीसवीं जयंती पर की थी इस कार्यक्रम का उद्श्य आपसी समझ को बढ़ावा देने के लक्ष्य से विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में रहले वाले अलग अलग संस्कृतियों के लोगों के बीच आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना है केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से रन फॉर यूनिटी को रवाना करेंगे करीब पन्द्रह हजार लोगों के इस दौड़ में भाग लेने की आशा है यह दौड़ नेशनल स्टेडियम से शुरू होकर सी हैग्सागन राजपथ क्रॉसिंग होते हुए इंडिया गेट के अमर जवान ज्योति तक पहुंचेगी इस अवसर पर आज नई दिल्ली के इंडिया गेट पर एक भारत श्रेष्ठ भारत पर्व का आयोजन किया जा रहा है इस पहल का उद्देश्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना है कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाना और विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से छात्रों के कलात्मक कौशल और संप्रेषण को बढ़ावा देना है

मुख्यमंत्री ने रन फॉर यूनिटी के लिये व्यापक जन सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं श्री योगी ने प्रदेशवासियों से विशेषकर युवाओं और स्कूली बच्चों से भारी संख्या में रन फॉर यूनिटी में शामिल होकर सरदार पटेल के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की अपील की है मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों के छात्रों पुलिस बल के जवानों और खिलाड़ियों सहित समाज के सभी वर्गों से इस मुहिम के साथ जुड़ने का आहवान किया वहीं केन्द्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह कल हापुड़ के पिलखुआ में रन फॉर यूनिटी का शुभारम्भ करेंगे गोरखप्र में स्थानीय सांसद रविकिशन के नेतत्व में रन फॉर यूनिटी का आयोजन होगा महोबा जिले में सुबह आठ बजे से परमानंद चौक से जिला स्टेडियम तक रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है जिलाधिकारी अव्वेश कुमार तिवारी ने बताया कि इसमें भाग लेने वाले स्कूली छात्रों पुलिसकर्मियों और खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा इसके साथ ही जिले के प्रत्येक कार्यालय में राष्टीय एकता दिवस का शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी होगा केन्द्र सरकार ने सरदार वल्लभभाई पटेल के नाम पर सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की शुरूआत की है यह पुरस्कार राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय तथा प्रेरणादायक योगदान को मान्यता प्रदान करने तथा भारत को मजबूत और एकजुट बनाने के लिए दिया जायेगा पुरस्कार की घोषणा आज सरदार पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर की जाएगी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने समावेशी समाज के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की तर्ज पर विश्वविद्यालयों में भी सामाजिक उत्तरदायित्व शुरू करने पर बल दिया है श्री कोविंद नई दिल्ली में कल जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय विविधता में एकता की एक अनुठी मिसाल है राष्ट्रपति ने कहा कि समाज के हर वर्ग को विकास से जोड़ने के लिये सीएसआर की तर्ज़ पर यूनिवर्सिटी सोशल रिसपॉन्सेबिलिटी की शुरूआत ज़रूरी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आम नागरिकों की खुशहाली के लिये विकास जुरूरी है और विकास गतिविधियों के लिये जमीन की ज़रूरत होती है किसानों की भूमि को सहमति और सौहार्द से हासिल किया जाना चाहिये श्री योगी कल लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर गौतमबूद्व नगर में निर्माणाधीन जेवर अतंराष्ट्रीय हवाई अड्डा क्षेत्र के किसानों से संवाद कर रहे थे इस दौरान जेवर के किसानों ने स्थानीय विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को हवाई अड्डे के निर्माण के लिये अपनी जमीन देने संबंधी सहमति पत्र सौंपे इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हवाई अड्डे के लिये भूमि देकर क्षेत्रीय किसानों ने राज्य की विकास प्रक्रिया में ऐतिहासिक योगदान किया है श्री योगी ने कहा कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट द्निया का सबसे बड़ा हवाई अड़डा होगा मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार बेहतर एयर कनेक्टिविटी इसलिए दे रही है ताकि प्रदेश का विंकास हो सके इसके निर्माण से प्रदेश का गौरव बढ़ेगा और राज्य के युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर हासिल होंगे गौरतलब है कि नागरिक विमानन मंत्रालय के सैद्वान्तिक अनुमोदन में हवाई अड्डा परियोजना के लिये बिड की आखिरी तारीख तीस अक्टूबर से पहले अस्सी प्रतिशत भूमि राज्य सरकार के पक्ष में अंतरित किये जाने की शर्त शामिल है जबकि आज परियोजना के लिये जरूरी भूमि की अस्सी प्रतिशत से अधिक भूमि राज्य सरकार के पक्ष में स्थानांतरित हो गई है प्रदेश के क्रषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों से खेतों में जैविक खाद का प्रयोग बढ़ाने की अपील की है उन्होंने कहा कि रासायनिक खादों के प्रयोग से जमीन की गुणवत्ता प्रभावित होती है गोरखपुर में कल आयोजित मण्डलीय रबी उत्पादकता गोप्ठी में कृषि मंत्री ने जमीन की उत्पादकता बढ़ाने के लिए वर्मी कम्पोस्ट के प्रयोग पर विशेष बल दिया इस अवसर पर क्रषि मंत्री ने किसानों से फसलों के अवशेष खेतों में न जलाने की भी अपील की उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रयासरत है और इसके लिए रियायती दर पर कृषि यन्त्र भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं गोप्ठी में मुख्य सचिव राजेन्द्र तिवारी ने कल से प्रदेश में शुरू होने वाली धान खरीद के लिए सभी क्रय केन्द्रों को पूरी तरह क्रियाशील होने और किसानों को निर्धारित समयसीमा में भूगतान की राशि उनके खाते में जमा कराने के निर्देश दिए मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में पॉलीथीन का प्रयोग प्रतिबंधित है इसलिए सुनिश्चित करे कि कहीं भी इसका प्रयोग न हो गोष्ठी में प्रमुख सचिव क्रषि अमित मोहन प्रमुख सचिव सिंचाई टी वेंकटेश प्रमुख सचिव उद्यान राकेश गर्ग सहित तीन मण्डलों गोरखपुर बस्ती और आजमगढ़ के आयुक्त जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी और संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे

बीसलपुर से बरेली की ओर आ रहे एक ट्रक ने पहले एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारी और फिर बेकाबू होकर सामने से आ रही यात्रियों से भरी ओमनी बैन से टकरा गया दुर्घटना में वैन में सवार आठ लोगों की मौत हो गयी और दो अन्य घायल हो गये वहीं गोरखपुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल एक अन्य सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गयी और सात अन्य घायल हो गये दुर्घटना संतकबीरनगर के डीघा गांव के पास हुई जब लखनऊ से यात्रियों को लेकर आ रही परिवहन निगम की बस राजमार्ग पर खड़े ट्रक से टकरा गयी